मंडी में कल एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास हो चुका है और जल्द ही इसे राज्यसभा से भी पास करवा दिया जाएगा

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैहजल ने अधिकारियों को जनता की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए हैं कसौली निर्वाचन क्षेत्र में आज धर्मपुर और आसपास के इलाकों के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहचाने के निर्णय अधिकारियों के समर्पण व सहयोग से ही पूरे होंगे राजीव सैजल ने बरसात के मौसम को देखते हुए लोकनिर्माण और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा है

नाहन में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक की ंअध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वनीकरण कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा बिंदल ने कहा कि लोगों को खाली पड़ी सरकारी व निजी भूमि में पौध रोपण करने के लिए जागरूक किया जाएगा वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में शिमला संसदीय क्षेत्र में अभृतपूर्व कार्य हए हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को हर संभव मदद दे रही है वीरेन्द्र कश्यप ने युवा कांग्रेस द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विकास कार्यो का ग्राफ उनके कार्यकाल में लगातार बढ रहा है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि युवा कांग्रेस नेता जमीनी स्तर पर विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों को देख सकते हैं समिति बैठक प्रदेश विधानसभा की कल्याण समिति की दो दिवसीय बैठक आज शिमला में सम्पन्न हई सभापति सुखराम की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में समिति ने सितम्बर के पहले सप्ताह में शिमला किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू व मण्डी का दौरा करने का निर्णय लिया इसके अलावा समिति ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति घटक उपयोजना के तहत आने वाले विभागों द्वारा पिछले तीन वर्ष में खर्च की जाने वाली धन राशियों के ब्योरे संबंधी प्रश्नावली का अवलोकन कर अनुमोदन किया रांगड़ा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले के दौरान मारे गए हिंद सिख घटना की कडे शब्दों में निंदा की है संघ के हिमाचल प्रांत संघ चालक वीर सिंह रांगड़ा ने अफगान हिंदू सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनैशनल से की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है बावजूद इसके विश्व समुदाय में इनकी सुरक्षा को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई कुल्लू भाजपा कुल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन शर्मा ने केंद्र द्वारा विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का स्वागत किया है आज कल्लू में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस निर्णय को किसानों के हित में उठाया गया कांतिकारी कदम करार दिया भीम सेन ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में किसानों के हित में काम कर रही है और सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर बागवानों को लाभ देने का प्रयास किया है मौसम शिमला में बीते दिनों हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है